मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश लागत में वृद्धि रोकने के लिए विकास परियोजनाओं के कार्यो में लाएं तेजी प्रदेशभर में प्रधानमंत्री मातू वंदना सप्ताह संपन्न उत्कृष्ट कार्यो के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र हुए सम्मानित

विधानसभा सत्र प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला में शुरू हो रहा है

इस बीच सत्र को लेकर रणनीति बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस विधायक दलों की अलग अलग बैठकें इस समय धर्मशाला में चल रही हैं भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकर जबकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता विधायक दल के नेता मुकेश अग्निर्होत्री कर रहे हैं सत्र तैयारी विधानसभा सत्र को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

वहीं धर्मशाला को र्जोड़ने वाले मार्गों पर नाकेबंदी की गई है उन्होंने कहा कि तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आने जाने के लिए अस्थायी पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें सत्र के दौरान आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत न हो मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लागत में वृद्धि रोकने के लिए विकास कार्यों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं मण्डी में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्य प्ररा होने से लोगों को समय पर सुविधाए उपलब्ध हो सकेंगी उन्होंने मण्डी शहर को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए प्रयास करने के निर्देश भी दिए जयराम ठाकूर ने बताया कि शहर भें पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने मण्डी में विक्टोरिया पुल के संमीप ब्यास नदी पर बने नए पुल का लोकार्पण किया उन्होंने शहर में उपनिदेशक उच्च शिक्षा के अतिरिक्त भवन का भी उदघाटन किया मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस द्वारा नशे के विरूद्व आरम्म किए गए हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हई है एक बयान में उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका के सर्वेक्षण में प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम आंका गया है सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साक्षरता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम हाल के वर्षो में उत्साहजनक रहे हैं

गौसदन वन मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में गौवंश संवर्दन बोर्ड के माध्यम से एक व्यापक व दीर्घकालिक योजना पर कार्य कर रही है मनाली में गौसदन के निरीक्षण के दौरान गोविंद ठाकूर ने कहा कि प्रदेश के सभी गौसदनों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है वन मंत्री ने जिले की विभिन्न संस्थाओं से गौसदनों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने में सहयोग की भी अपील की महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है मण्डी जिले में संघोल में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए धर्मपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव को अच्छी सड़क सुविधा देने पर जोर दिया जा रहा है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने क्षेत्र में लोअर सोहर से भनवाल बस्ती तक बनने वाली संपर्क सड़क का भूमिपूजन भी किया मात्रवंदना प्रदेशभर में प्रधानमंत्री मातृवंदना सप्ताह आज संपन्न हो गया इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना के संबंध में महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी गई सोलन में एक कार्यक्रम में उपायुक्त केसी चमन ने जागरूकता गतिविधियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की सराहना की चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया ने अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने की ज़रूरत पर बल दिया क़ल्लू में उपायुक्त ऋचा वर्मा ऊना में अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी जबकि धर्मशाला में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने योजना के तहत सराहनीय कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कर्भियों को सम्मानित किया

गुहिणी योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत राज्य में अब तक डेढ़ लाख पात्र लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पालमपुर के धीरा में योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने विभाग को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि कोई भी परिवार बिना गैस कनेक्शन न रहे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में बढ़चढ़ कर भाग लेने की अपील की है ऊना जिले में कुटलैहड़ के परोइयां में आज राजकीय विद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्य करवाने पर विशेष जोर दे रही है

उन्होंने ये जानकारी नाहन में सेन की सेर पंचायत के एक प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए दी शांडिल कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने राज्य सरकार से सोलन को जल्द नगर निगम का दर्जा देने की मांग की है सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम बनने के सभी मापदण्ड पूरे करता है और इससे स्थानीय लोगों को विकास का लाभ भी मिल सकेगा मौसम प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज़ बदल सकता है

इस बीच प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रो में शीतलहर का प्रकोप जारी है और खासतौर पर सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठण्ड से जूझना पड़ रहा है